कल जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने न्यायिक समुदाय से अनुरोध किया कि वह समय पर न्याय उपलब्ध कराने के हरसंभव प्रयास करे राष्ट्रपति ने कहा कि जरूरतमंदों और वंचितों को विधिक सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराने की आवश्यकता है

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि न्याय कभी जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा कि हमें न सिर्फ मुकदमे में तेजी लाने के लिए तरीके तलाशने होंगे बल्कि इन्हें रोकना भी होगा इस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई केन्द्रीय मंत्री और न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जोधपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह में भी भाग लिया केन्द्र सरकार जल्दी ही इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल इस बात के संकेत दिए दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई कदमों पर विचार कर रही है आयकर में कमी करना भी इन्हीं में से एक हो सकता है पूणे में चल रहे सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन का आज तीसरा और अंतिम दिन है इससे पहले कल सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधित किया भारतीय विज्ञान शिक्षा और शोध संस्थान के सीवी रमन सभागार में उन्होंने दिनभर इन अधिकारियों के साथ बातचीत की इस विचार विमर्श में आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत मंथन किया गया भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की अध्यक्षता में कल जयपुर में जयपुर सम्भाग के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों सम्भागीय आयुक्त और निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई बैठक में बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से आम नागरिकों को मतदाता सुची से सम्बन्धित गुणात्मक सुविधा प्रदान करने और मतदाता सुचियों में पंजीकरण की सुविधा को सरल करने के लिए विचार विमर्श किया गया वहीं स्वीप गतिविधियों की समीक्षा कर लक्षित वर्गो को जागरूक करने के नये तरीकों पर भी चर्चा की गई

उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने की पहल की गई है

श्री गहलोत कल जोधपुर के लाल मैदान में आयोजित शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के दो दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने शिक्षकों और कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर सकारात्मक निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया

देशभर के थानों में राजस्थान के ये तीन थानें ही अपना स्थान बना पाए

करौली नगर परिषद के सभापति राजा राम गुर्जर को पद के दुरूपयोग और दुराचरण के मामले में नगर परिषद के सभापति पद से निलम्बित कर दिया गया है वहीं नगर परिषद की सदस्यता भी निलम्बित कर दी गई है